सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से दस दिनों के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे ईयूके के दस दिन के भीतर हम उसकों यू ए का अर्थ है इमरजेंसी यूज आथोराइजेशन ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयूक्त होता है

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए दवा निर्माताओं ने पहले देशभर के चार प्राथमिक वैक्सीन भंडारों के लिए टीके उपलब्ध कराए है जहां से बड़ी संख्या में इन्हें सैंतीस राज्यों के टीका स्टोर और फिर जिलों और अंत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहंचाया जाएगा इस बीच वैक्सीन के बारे में आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन के अनुसार अटठारह वर्ष से अधिक आयू वर्ग के एक हजार छह सौ लोगों में इम्यूनो जेनेसिटी डेटा बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड सुरक्षित है इधर छत्तीसगढ़ के इक्कीस जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए कल सात और परसों आठ जनवरी को मॉकड्रिल किया जाएगा इसका उद्देश्य कोरोना टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण करना है चयनित जिलों में यह मॉकड़िल सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक होगी इसके बाद शाम पांच बजे तक जिला टास्क फोर्स द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी जिसकी रिपोर्ट नौ जनवरी को राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य भिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मॉकड्रिल के दौरान को विन ऐप में एंट्री से लेकर वैक्सीन लगाने तक कितना समय लगता है यह भी देखा जाएगा डॉक्टर शक्ला ने बताया कि यह मॉकड़िल हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है इसके लिए को विन लिंक का इस्तेमाल किया जाएगा कल सात जनवरी को बलरामपुर बीजापुर दंतेवाड़ा जशपुर कांकेर कोंडागांव कोरिया नारायणपुर सुकमा और सुरजपुर जिले में मॉकड़िल किया जाएगा वहीं आठ जनवरी को बालोद बलौदाबाजार बेमेतरा धमतरी गरियाबंद जांजगीर चांपा कवर्धा कोरबा महासमुद मुंगेली और रायगढ़ जिले में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा वहीं दूर्ग जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में करीब एक सप्ताह बाद से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण प्रस्तावित है प्रथम चरण में जिले के चौदह हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी इसके लिए दल का गठन कर लिया गया है जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंमीर सिंह ठाकूर ने बताया कि वैक्सीन के पहले चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है वैक्सीन लगवाना है या नहीं यह कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा परे जिले में अंठावन बथ और अडतीस कोल्ड चैन बनाई गई हैं डॉक्टर ठाकर ने बताया कि प्रत्येक दल में आठ कर्मचारी रहेंगे जिसमें एक वैक्सीनेटर दो टीकाकरण अधिकारी एक सुरक्षाकर्मी एक रिकॉर्ड जांचकर्ता दो मोबिलाइजर और एक निगरानीकर्ता कर्मचारी रहेगा उधर बस्तर जिले में पहले चरण के कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विमाग के कर्मचारियों के अलावा जिले में अपनी सेवाएं दे रहे निजी चिकित्सकों का भी पंजीयन किया जाएगा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सूची तैयार कर ली गई है यदि कोई निजी विकित्सक छूट गए हैं तो वे आगामी आठ जनवरी तक जिले के टीकाकरण अधिकारी से संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख चौरासी हजार से अधिक हो गई है कल एक हजार इक्कीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई प्रदेश में फिलहाल नौ हजार एक सौ ग्यारह मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है मुख्यमंत्री प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के नवगठित गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के प्रवास के दौरान मरवाही विकासखंड के ग्राम दानीक ंडी में आयोजित समारोह में तेरह करोड़ तीस लाख रूपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटमी उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की श्री बघेल ने कार्यक्रम में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत तीन सौ सैंतीस हितग्राहियों को साढ़े तेरह लाख रूपये की सामग्री और दो सौ तीस हितग्राहियों को चार करोड़ इकसठ लाख रूपये की सहायता और अनुदान राशि का चेक वितरित किया समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को ेलेकर मरवाही की एक अलग पहचान बनेगी श्री बघेल ने जिले में ब्लड बैंक स्थापित करने की भी घोषणा की इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे वहीं मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय गौरेला में पत्रकारिता के पुरेधा रहे पंडित माधवराव सप्रे की प्रतिमा स्थापित करने और उनके नाम पर सर्व सुविधायुक्त प्रेस क्लब भवन बनाने की घोषणा की उन्होंने पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि यह प्रेस क्लब भवन लाइब्रेरी और अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा इसके लिए मुख्यमंत्री ने पचास लाख रूपये की राशि भी मंजूर की इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत दानीकुंडी में अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की इससे पहले मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पेण्ड्री में राज्य के पांचवे बहुदिव्यांग स्कूल भवन का उदघाटन किया इस स्कूल के खूल जाने से अब जिले के पहली से पांचवीं तक के दिव्यांग बच्चों को विविध विघाओं में शिक्षा मिल सकेगी इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासकीय जिला ग्रंथालय का लोकार्पण भी किया करीब डेढ करोड रूपये की लागत से बने इस ग्रथालय से विद्यार्थी यपीएससी पीएसपी नीट जेईई बैंक और व्यापमं जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे इस शांसकीय लाइब्रेरी में छह हजार से अधिक पुस्तकों के साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाएं महापुरूषों की जीवनी पर आधारित पुस्तकें और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है मुख्यमंत्री कल गरियाबंद जिले के राजिम और मुंगेली जिले के मोतिमपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे इसके बाद वे बिलासपुर जाएंगे जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को रायपुर लौटेंगे

राज्यपाल ने इसके लिए घन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और उनके अध्यक्ष बधाई के पात्र है बीते सत्रह दिसंबर को हुई वर्चुअल बैठक में प्रदेश के पन्द्रह निजी विश्वविद्यालय जुड़े थे और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर सार्थक संवाद हुआ था महिला आयोग सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज रायपुर में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की डॉक्टर नायक ने कहा कि महिला आयोग द्वारा लगातार विभिन्न जिलों में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है इसी क्रम में रायपुर में तीन दिनों तक महिलाओं की प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी आज पहले दिन इक्कीस प्रकरणों में से चार प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए बर्ड फ्लू चेतावनी केन्द्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार के उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है राजस्थान मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश और केरल के बारह विभिन्न स्थानों पर बर्ड फ्लू के फैलने की खबर है केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाएं उनसे यह भी कहा गया है कि वे बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इस पर निगरानी रखें राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इस बारे में वन विभाग से भी संपर्क स्थापित करें अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में सतर्कता बरतें और आवश्यक उपाय के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करें हालांकि इस रोग के मनुष्यों में फैलने की कोई सूचना नहीं है इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है राज्य सरकार ने जिला पशुपालन अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि अधिकारियों को बर्ड फ्लू को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दे दिए गए हैं पोल्ट्री फॉर्म और पक्षियों की मौत को लेकर सतत् निगरानी रखने को कहा गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक किसी भी पोल्ट्री फॉर्म में बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं मिला है भाजपा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशमर में प्रदर्शन करेगी पार्टी ने आगामी तेरह जनवरी को हर विधानसभा और बाईस जनवरी को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है यह जानकारी आज एक पत्रकारवार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने दी श्री साय ने कहा कि धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन भूगतान और बारदाने की कमी राज्य सरकार की विफलता है उन्होंने कहा कि सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण कामकाज के खिलाफ भाजपा तेरह जनवरी को प्रदेशभर में आंदोलन करेगी वहीं श्री कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि धान खरीदी के मामले में सरकार ने जान बूझकर देरी की पिछले साल अटठाईस लाख मीटरिक टन चावल राज्य सरकार एफसीआई में जमा ही नहीं कर पाई उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार राजनीति कर रही है श्री कौशिक ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त की राशि किसानों को अभी तक नहीं मिल पाई है आप धरना प्रदर्शन वहीं आम आदमी पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर कल सात जनवरी को राजधानी रायपूर भें धरना प्रदर्शन करेगी यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हपेंडी और किसान विंग के अध्यक्ष ईश्वर चंदेल ने दी उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सरकार उन्हें बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रही है वहीं जो किसान धान बेच चुके हैं उनका भुगतान भी देर से किया जा रहा है

रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी का प्रसारण रविवार दस जनवरी को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा

उनके साथ मुकल वासनिक और शकील अहमद खान को भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री श्री बघेल श्री वासनिक और श्री खान असम चुनाव में भैनेजमेंट और समन्वयक की जिम्मेदारी निभाएंगे गौरतलब है कि असम में इसी साल चुनाव होना है

मिली जानकारी के अनुसार कोरिया पुलिस ने आज सेवानिवत्त अपर कलेक्टर को गिरफ्तार कर बैकुंठपुर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के निर्देश दिए गए गौरतलब है कि श्री लकड़ा पर बैक ठप्र में पदस्थ रहने के दौरान जमीन संबंधी तेईस प्रकरण को एक ही दिन में निपटाने का आरोप है शिकायत और जांच के बाद बाईस प्रकरणों पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी थी कृषि विकास रफ्तार योजना राष्ट्रीय कृषि विकास रफ्तार योजना वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस में क्रियान्वयन के लिए संचालक उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ ने फल सब्जी मसाला और पृष्प की फसलों को योजना में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं इस संबंध में उद्यानिकी कृषकों से कौन कौन सी फसलों को योजना में शामिल किए जाए इसके लिए सुझाव मांगा गया है कृषक अपना सुझाव बारह जनवरी तक भेज सकते हैं स्लोगन प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जनसंपर्क विभाग द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ यूवा विषय पर ैस्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है अब तक लगभग छह हजार सात सौ लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करा लिया है स्लोगन स्व लिखित होना चाहिए भाषा छत्तीसगढ़ी हिन्दी और अंग्रेजी होगी इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकेगा सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और सौ सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसंपर्क विभाग द्वारा एक एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी आगामी दस जनवरी तक जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं संक्षिप्त समाचार रायपुर संभाग के नये कभिश्नर ए कुलभूषण टोप्पो ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया श्री टोप्पो को रायपुर के साथ साथ दर्ग संभाग के कमिश्नर का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने आज सौ से अधिक आरक्षक और प्रधान आरक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं रायपुर रेलमंडल के तहत कुम्हारी डी केबिन स्टेशन के बीच स्थित समपार फाटक की मरम्मत के कारण कल सुबह आठ बजे से रात बारह बजे तक सड़क यातायात बंद रहेगा राजनांदगांव जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने आज जिले के गठुला कन्हारपुरी सोमनी मोहारा और सुकुलदैहान धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया बीजापुर जिले की मिंगाचल नदी में पिकनिक मनाने गई दो लड़कियों की नदी में डूबने से मौत हो गई महासमुंद जिले के ग्राम डूमरपाली में एक नाबालिग पुत्र पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप है राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी स्थित एक गैस गोदाम में सिलेंडर चोरी करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है